मतगणना तैयारी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले और अंतिम चरण के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तगड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है इसके साथ ही मतगणना की तैयारियां भी जोरशोर से चल रही हैं सभी नब्बे विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती ग्यारह दिसंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक मतगणना के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी मतगणना स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा और अन्य व्यवस्था की जाएगी मतगणना स्थलों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं इसके अलावा निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर भी मतगणना पर नजर रखेंगे मतगणना स्थलों पर मतगणना कर्मियों और अभिकर्ताओं के बीच लोहे की जाली रहेगी मतगणना के दिन प्रत्येक विधानसभा के लिए चौदह चौदह टेबल लगाए जाएंगे सभी प्रत्याशी मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन देंगे और उन्हें पास जारी किया जाएगा आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मतों की गणना विधानसभावार की जाएगी सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी सर्विस मतदाताओं को ई पोस्टल बैलेट भेजे जा चुके हैं निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को भी पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं पोस्टल बैलेट से मतदान कर डाक मतपत्र ग्यारह दिसंबर को सुबह आठ बजे के पहले संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना आवश्यक है इसके बाद प्राप्त डाक मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा ईव्हीएम स्ट्रांग रूम प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बीस नवम्बर को जिन बहत्तर विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हआ है संबंधित जिलों में स्थापित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईव्हीएम मशीनें सील कर दी गई हैं

इनमें से दो पर एक एक लाख और एक माओवादी पर तीन लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों को जिला पुलिस बल ने भांसी इलाके से घेराबंदी कर पकड़ा ये सभी माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की सर्चिंग के दौरान एक महिला सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादियों के पास से दो नग भरमार बंदूक और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई हैं इन माओवादियों को अबूझमाड़ के भटबेड़ा और गट्टाकाल क्षेत्र से पकड़ा गया संविधान दिवस संविधान दिवस पर छब्बीस नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थाओं विद्यालयों आश्रम छात्रावासों और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामूहिक रूप से पढ़ी जाएगी इस सिलसिले में रायपूर संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है परिपत्र में कहा गया है कि भारतीय संविधान छब्बीस नवम्बर उन्नीस सौ उनचास को अंगीकृत किया गया था प्राथमिक शालाओं से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला तथा महाविद्यालय स्तर तक के विद्यार्थियों को संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को समझाने की दृष्टि से संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा सभी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रार्थना के समय या अलग से कार्यक्रम तय कर प्रस्तावना पढ़ी जाएगी

हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा ट्रेन प्रभावित द्र्ग गोंदिया कलमना रेलवे खंड के बीच तकनीकी कार्यों की वजह से कल और परसों कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित रहेंगी रेलवे के अनुसार कल पच्चीस नवंबर को बिलासपुर रायपुर मेमू और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू रद्द रहेगी वहीं टाटा इतवारी पैसेंजर शिवनाथ एक्सप्रेस और रायपुर दुर्ग मेमू विलंब से रवाना की जाएगी इसके अलावा छब्बीस नवंबर को डोंगरगढ़ रायपुर मेमू नहीं चलेगी छब्बीस नवंबर को ही इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन देरी से रवाना की जाएगी हाथी विचरण राजधानी रायपुर के करीब आरंग के आसपास एक दर्जन से अधिक हाथियों का दल पहुंच गया है बड़ी संख्या में हाथियों के विचरण करने के कारण ग्रामीणों में दहशत है वहीं हाथियों को खदेड़ने और नियंत्रित करने के लिए वन तथा पुलिस विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया है इन हाथियों को ग्रामीणों की मदद से नदी की तरफ खदेड़ा गया महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अड़तालीस किलोग्राम वर्ग में भारत की मुक्केबाज मैरीकॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है उन्होंने यूक्रेन की हन्ना ओखोटा को पराजित कर यह पदक हासिल किया नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मैरीकॉम ने अपने प्रतिद्वंदी को एकतरफा मुकाबले में पांच शून्य से पराजित किया महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरीकॉम का यह छठवां स्वर्ण पदक है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा इसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी राहगीर निधन राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार अमीचंद अग्रवाल राहगीर का कल निधन हो गया उनका इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था वे रायगढ़ के रहने वाले थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री राहगीर के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने अपने शोक संदेश में साहित्य के क्षेत्र में स्वर्गीय राहगीर के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है

राज्य शासन की अधिसूचना के बाद रेलवे द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है

समकालीन साहित्यिक परिदृश्य विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी होंगे जांजगीर चांपा जिले में डभरा क्षेत्र के ग्राम कुसुमझर स्थित विद्युत सब स्टेशन में आग लगने से दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए इन्हें इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआं खेल रहे सत्रह लोगों को गिरफ्तार किया है

हॉकी अंडर नाइन्टीन टीम के चयन के लिए आज राजनादगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में ट्रायल हुआ

यह टीम अगले महीने जबलपुर में होने वाली अंडर नाइन्टीन हॉकी चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी